मतदान उन्नीस मई को भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल मऊ चंदौली और मिर्जापूर में की चुनावी सभाएं कहा उनकी सरकार किसानों महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिए है प्रतिबद्ध कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुशीनगर में बसपा प्रमुख मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी में की च्नावी जनसभाएं उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को दस प्रतिशत आरक्षण दिये जाने संबंधी याचिका पर केन्द्र और सीबीएसई से मांगा जवाब लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिये प्रचार चरम पर पहुंच गया है इस चरण में प्रदेश की तेरह सीटों पर उन्नीस मई को मतदान होना है विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिये प्रदेश के विभिन्न भागों में रैलियां कर रहे हैं

भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल मऊ जिले के घोसी चन्दौली और मिर्जाप्र में चुनावी सभाएं की प्रधानमंत्री ने घोसी में आयोजित विजय संकल्प रैली में सपा बसपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दलों ने जाति आधारित गठजोड़ किया है लोगों के हितों को भुला दिया है और आम जनता से उनका रिश्ता दूट गया है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है मैं बहत ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं कि गरीब की जिंदगी आसान हो दशकों से उन्हें जिन सविधाओं का इंतजार था मैं उसे वो मुहैया कराने में जुटा हूं मैं उन किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद देने में भी जुटा हूं जिनको खेती से जुड़े छोटे छोटे खर्च के लिए कर्ज लेना पड़ता था चन्दौली जिले के धानापुर क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के सिद्वान्त पर काम किया है उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर उनकी पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है और सैनिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले विरोधी शहीदों का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एयर स्ट्राइक का विरोध क्या उचित है सेना के प्राक्रम का विरोध उचित है घुसपैठियों की पहचान का विरोध करना नागरिकता का विरोध करना तीन तलाक का विरोध करना ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विरोध करना लोकपाल की नियुक्ति का विरोध करना शत्र सम्पत्ति का कानून लागू करने का विरोध करना और कदम कदम पर मोदी का विरोध करना जबकि आपका यह सेवक भारत को विकसित और वैमवशाली बनाने का मॉडल लेकर आपके बीच में पिछले पांच साल से जी जान से लगा हुआ है प्रधानमंत्री ने मिर्जापुर में भी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सपा और बसपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी सरकारों ने घोटाले करके प्रदेश की जनता का पैसा लूटा है और मिर्जापुर को नक्सलवाद में ढकेल दिया उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस वंशवाद की राजनीति करती है नामदारों के अहंकार में इतने वर्षो के शासन के बावजूद देश को इस हाल में बनाये रखा उनकी सोच है जो उनके नेता बोलते है हुआ तो हुआ आप प्रछंगे नामदारों के राज्य में बिजली पानी सड़क जैसी सुक्विधाओं पर क्यों धीमी धीमी गति से काम हुआ तो वह तो यही कहंगे कि हुआ तो हुआ आप पूछंगे कि आतंकवादी हमलों के बाद आपकी सरकार क्यों सिर्फ बयानवाजी करके बैठी रही तो वह कहंगे हुआ तो हुआ नामदारों की इसी अहंकार की वजह से अब मिर्जापुर उत्तर प्रदेश और देश की जनता कह रही है कि बस अब बहुत हुआ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने महराजगंज में आयोजित रैली में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले पांच साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यो जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश की पहचान विश्व के अग्रणी देशों में होने लगी है श्री शाह ने विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा की लोकप्रियता से विपक्षी दल हताश होकर गठबंधन कर रहे हैं भाजपा अध्यक्ष ने बलिया में रैली को संबोधित किया और गोरखपुर में रोड शो भी किया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता और आधारभूत संरचनाओं में कमी का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया श्री गांधी ने कल कुशीनगर जिले के मथौली बाजार में पार्टी प्रत्याशी और पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री पर पूंजीतियों और उद्योगपतियों की मदद का आरोप लगाया बसपा प्रमुख मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर गलत नीतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शासनकाल में गरीबों और किसानों का भला नहीं हुआ बल्कि उनकी स्थिति और बदत्तर हो गई

इस बीच बसपा प्रमुख ने लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता से ध्यान हटाने के लिये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाना बनाया जा रहा है मायावती ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने केन्द्र सरकार के दबाव में आकर पश्चिम बंगाल में प्रचार का समय कम किया है सपा प्रमुख ने वाराणसी में आयोजित सथा में गंगा सफाई पर प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि काशी को क्येटा जैसा बनाने का वादा किया था लेकिन कोई भी इस अन्तर को देख सकता है उन्होंने महराजगंज में आयोजित जनसभा में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले पांच सालों में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई और चीनी मिलें बंद होने से गन्ना किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है कोई फसल हुई है जिसका आपको डेढ़ गुना मुनाफा मिल गया हो कोई मुनाफा नहीं मिला आपको और जो आय दोगुनी होने की बात थी बताओं कितनी आय दोगुनी हो गई नहीं हो पाई और गन्ना पैदा करने वाले बताओं कहां आपकी आय दोगुनी हो गई और हर चीनी मिल बंद हो गई और गन्ने को कोई पूछने वाला नहीं लोकसभा चुनाव के सातवें और अन्तिम चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के तेरह सीटों पर आगामी उन्नीस मई को वोट डाले जायेंगे ये सीटें हैं महराजगंज गोरखपुर क्शीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर और रावर्ट्सगंज इस चरण से जिन प्रमुख उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होना है उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा और अनुप्रिया पटेल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पाण्डेय फिल्म अभिनेता रवि किशन और पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कॉग्रेस नेता आरपीएन सिंह शामिल हैं

सभी बड़े राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं

कई खास उम्मीदवारों के चलते यह चरण बहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है यहां प्रमुख उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा गाजीपुर अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे चंदौली और फिल्म स्टार रवि किशन गोरखपुर में तथा कांग्रेस के आरपीएन सिंह कुशीनगर से मैदान में हैं

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटीईटी दो हजार उन्नीस में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो को दस प्रतिशत आरक्षण दिये जाने संबंधी याचिका पर केन्द्र सरकार और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से जवाब मांगा है